प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इस सत्र के समापन समारोह में य्वाओं को सम्बोधित करेंगे

इस मंडल में राज्य सभा सदस्य रूपा गांग्ली लोकसभा सांसद परवेश साहेब सिंह और जाने माने पत्रकार प्रफ्ल्ल केतकर शामिल थे इस अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने कहा कि युवा प्रातिभागियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष बोलना जीवनभर के लिए एक यादगार अनुभव है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल द्सरे राष्ट्रीय य्वा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सम्बोधित करेंगे इसमें पहले तीन विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार रखने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री इस अवसर पर य्वाओं से बातचीत भी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में करवाये जा रहे वर्च्अल आयोजनों को कई दिलचस्प घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का शानदार अवसर मिला है

उन्होंने य्वाओं से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया है इस समिट का उद्देश्य उदयोग शैक्षणिक जगत निवेश बैकिंग वित्त और सटार्टअप क्षेत्र के युवा नेताओं को एक मच पर लाना है

इसके लिए एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का भ्गतान किया गया है कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के परिवारों का वितरण अपडेट करने के लिए सचिवालय मे एक शिविर का आयोजन किया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा मंत्रियों को निजी सचिव व प्रशासिक सचिवों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने अधीन कर्मचारियों को इस शिविर के दौरान अपने परिवारों का विवरण अपडेट करवाने के निर्देश दे

लाल बहाद्र शास्त्री ने देश केा जय जवान जय किसान का नारा दिया था हरियाणा के भिवानी में आज य्वा कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर प्ष्प चित्र पर उन्हें श्रदधांजलि दी इस मौके पर युवा कल्याण संगठन के संरक्क कमल सिह प्रधान ने कहा कि शास्त्री जी श्चिता सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति तथा श्वेत क्रांति व हरित क्रांति के प्रनेता थे कांग्रेस कार्यालय साहा में भी उनकी प्ण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनके चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई

शिवपुरी फतेहाबाद में उसका उनका दाह संस्कार किया गया और उनके प्रत्र चौधरी रणबीर सिंह ने उन्हें म्खाग्नि दी

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूक्षम लघु और मध्यम व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग समेते सभी उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रस्कार दिये जायेंगे

पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ में दिन के तापमान में गिरावट आने की वजह से क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है

मौसम विभाग के अन्सार अगले दो दिन हरियाणा में शीत लहर जारी रहेगी